बागेश्वर में कल से उत्तरायणी मेला शुरू हो रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर नई दिल्ली में साढ़े तीन सौ रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया सिक्का जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरू गोविंद सिंह जी कमजोर वर्गो के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के प्रयासों के कारण करतारपुर गलियारे का निर्माण किया जा रहा है जिससे श्रद्वाल अब करतारपूर जाकर अरदास कर सकेंगे श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने गुरु गोबिंद सिंह जी का साढ़े तीन सौवां प्रकाशोत्सकव देश भर में मनाया था इसी तरह अब ग्रु नानकर्देव की साढ़े पांच सौवीं जयंती की तैयारियां की जा रही हैं जीएसटी समिति अप्रैल से नवम्बर के दौरान उत्तराखंड समेत बिहार पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मे कश्मीर ओडिशा और गुजरात सहित कई राज्यों के राजस्व में कमी आई है जबकि मिजोरम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर सिक्किम और नगालैंड के राजस्व में वृद्धि हई है वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होने से राज्यों के राजस्व में आ रही कमी से निपटने के लिए गठित सात सदस्यों वाले मंत्रिसमूह के अध्यक्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार होंगे वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसंटी परिषद ने हाल की अपनी बैठक में मंत्रिसमूह के गठन का निर्णय लिया था परिषद की अधिसूचना के अनुसार यह समिति डेटा विश्लेषण कर राजस्व बढ़ाने और सुधारात्ममक उपायों के सुझाव देगी

आरक्षण स्वीकृति राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरी और शिक्षा में दस प्रतिशत आरक्षण के विधेयक को स्वीकृति दे दी है

यह अधिनियम सरकार द्वारा बाद में घोषित तिथि से लागू होगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण दिए जाने से नए भारत के प्रति विश्वास बढ़ेगा